्म मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना संक्रमण की स्थिति को लेकर राजनैतिक दलों और सामाजिक संगठनों के साथ किया विचार विमर्श

पश्चिम बंगाल में सोदेपुर में प्रार्थना सभा के बाद अपने संबोधन में महात्मा गांधी ने कहा था कि जिस व्यक्ति का ईश्वर में विश्वास है वह ईश्वर को छोड़कर किसी से नहीं डरता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज संयुक्त राष्ट्र महासभा को सम्बोधित किया सम्बोधन में प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों में बदलाव लाने की पहल की

उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुधारों को तीव्र गति से अंतिम रूप देने पर बल दिया श्री मोदी ने भारत को संयुक्त राष्ट्र के निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करने की भी अपील की

उन्होंने भारत में चल रहे अनेक कल्याणकारी कार्यो की जानकारी भी महासभा से साझा की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रिथति को लेकर आज विभिन्न राजनैतिक दलों के साथ बैठक की श्री गहलोत ने विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों से भी कोरोना संक्रमण के संबंध में चर्चा की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राजनीतिक दलों के साथ हई बैठक में भाजपा की ओर से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि सरकार को टेस्टिंग और जागरूकता के लिए स्वयंसेवी संगठनों की सहायता लेनी चाहिए उन्होंने कहा कि सरकार जांच की दरे तय करे और इसके साथ ही हैल्पलाइन तथा होम आइसोलेशन की व्यवस्था को सुदृढ़ करे

मुख्यमंत्री आज ही प्रदेश के वरिष्ठ चिकित्सकों निजी अस्पतालों के संचालकों और विशेषज्ञों से भी कोरोना संक्रमण की स्थिति पर चर्चा करेगें चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघ् शर्मा ने प्रदेश के सभी निजी अस्पतालों को सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर कोविड मरीजों का उपचार करने के निर्देश दिए है

इसमें जीएसटी शामिल नहीं होगा

प्राधिकरण ने कहा कि मूल्य सीमा न होने के कारण विनिर्माताओं ने सिलेंडर भरवाने वालों के लिए दाम बढ़ा दिए थे

इस मामले को लेकर उदयपुर के खैरवाड़ा में भी प्रदर्शन हुआ है हमारे बांसवाड़ा संवाददाता ने बताया कि ड्रंगरपुर में राजमार्ग पर युवाओं का प्रदर्शन आज शांतिपूर्ण रहा प्रतापगढ़ जिले में भी इस मामले को लेकर पूरी सतर्कता बरती जा रही है जिले के सालमगढ और पीपलखूंट में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनात किया गया है भाजपा के वरिष्ठ नेता गुलाब चन्द कटारिया ने इस मामले में सरकार पर ढिलाई बरतने का आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज पार्टी के केन्द्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रदेश से सांसद भूपेन्द्र यादव को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है वहीं डॉ अल्का गुर्जर को राष्ट्रीय मंत्री तथा जयपुर ग्रोमीण से सांसद राज्यवर्द्वन सिंह राठौड़ को राष्ट्रीय प्रवक्ता का पद दिया गया है केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने कहा है कि संसद में पारित कृषि विधेयकों से किसानों के लिए क्रांतिकारी बदलाव होगा श्री चौधरी ने आज जयपुर में भाजपा मुख्यालय में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि इन विधेयकों के के पारित होने से किसान को यह आजादी मिली है कि वह अपने उत्पाद को देश के किसी भी कोने में जहां अधिक मूलय मिले वहां बेच सकते है

भरतपुर में मुदा स्वास्थ्य कार्ड योजना से किसानों को काफी फायदा मिला है केन्द्र सरकार की इस योजना से किसानों को अपने खेत की मिट्टी के बारे में पता चल रहा है और वे कृषि वैज्ञानिकों द्वारा बतायी जा रही मिट्टी की गुणवत्ता के अनुसार ही अपने खेतों में बीज बोने और खाद देने का काम कर रहे है

हमारे संवाददाता से बातचीत में किसान मुखत्यार सिंह ने अपनी खुशी का इजहार किया

प्रख्यात शिक्षाविद और समाज सुधारक ईश्वर चन्द विद्यासागर की आज जयंती है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की है

लोकसभा अध्यक्ष ओम रिबला ने भी ट्वीट कर ईश्वर चन्द्र विद्यासागर को श्रद्धांजलि दी पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह का आज जन्म दिन है

प्रदेश में पश्चिमी हिस्से के कुछ भागों से मानसून विदाई लेने की तैयारियां कर रहा है

इस बीच आज पाली में कई स्थानों पर तेज और कही हल्की बारिश होने के समाचार है आज की बारिश से क्षेत्र में मूंग और बाजरे की फसल को नुकसान होने का अंदेशा हैं उधर सवाईमाधोपुर में दोपहर में दोपहर बाद बारिश हुई करौली और बूंदी में भी छुटपुट बरसात हुई है